इस अवधि में आयोजित होने वाले म्यूजिक इन द पार्क और नाटक मंचन जैसे कार्यक्रम भी स्थगित रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल देर रात अपने निवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना वायरस पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया श्री गहलोत ने बताया कि स्कूल और कॉलेजों में चल रही बोर्ड परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं होगी साथ ही मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में कार्य संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा उन्होंने प्रदेशवासियों से विवाह समारोहों को बडे स्तर पर नहीं करने और सीमित संख्या में मेहमानों को बुलाने का आग्रह किया है उन्होंने आमजन को कोरोना से भयभीत न होने की सलाह देते हुए भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचने और आवश्यकता होने पर ही सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया वहीं दूसरी ओर राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कल राजभवन में कोरोना वायरस के संकमण के फैलाव को रोकने के उपायो पर एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की राज्यपाल ने विश्वास जताया कि अगर सावधानी बरती गई तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है उन्होंने विश्वविद्यालयों में कोरोना वायरस से बचाव के उपाय कार्यक्रम चलाये जाने और आस पास के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के प्रयास करने को कहा बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को प्रभावी रूप से लागू कराया जा रहा है वहीं सभी स्वास्थ्यकर्मियों को अग्रिम आदेश तक सभी अवकाशों पर कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए है

वहीं अब तक तीन मामले पॉजीटिव आये है जिनका जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ईलाज चल रहा है प्रदेश में पिछले दिनों ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को सहायता राशि का वितरण इसी महीने शुरू होगा

इसके लिए खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटरों से बदला जाएगा

श्री गहलात ने कहा कि राज्य के टीएसपी क्षेत्र के जिलों डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ और उदयपुर में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की जाएगी इसके तहत दूसरी संतान के जन्म पर मां को छह हजार रूपए की राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी उन्होंने कहा कि नई राजस्थान राज्य महिला नीति भी शीघ्र जारी की जाएगी

केन्द्र सरकार ने यस बैंक के पुनर्गठन के बारे में रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

उन्होंने कहा कि यस बैंक से निकासी पर लगा प्रतिबंध पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना के जारी होने के तीन दिनों के अंदर हटा लिया जाएगा और एक सप्ताह के भीतर बैंक के नए बोर्ड का गठन कर लिया जाएगा मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों के मंहगाई राहत में चार प्रतिशत की वृद्धि भी की है

इस परियोजना में राजस्थान सहित चार राज्यों के कई राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनरोद्वार और नवीनीकरण शामिल हैं